शपथ तैयारी प्रदेश में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो गई हैं

कल एसपीजी दल ने शपथ ग्रहण समारोह का ट्रायल का व्यवस्थाओं का जायजा लिया वहीं जिला प्रशासन के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये खास बात यह है कि कमलनाथ के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में चार मंच बनाये जा रहे हैं इनमें से एक मंच पर जहां शपथ ली जायेगी तो दूसरे मंच पर कमलनाथ का परिवार धनेश मिश्र और संसदीय क्षेत्र के अतिथि होंगे वहीं तीसरे मंच पर धर्मगुरूओं को जगह दी जायेगी चौथे मंच पर अति विशिष्ट व्यक्ति दिखाई देंगे

कल जिला प्रशासन के साथ पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुरेश पचोरी कांग्रेस कमेटी के सचिव जुबेर खान मीडिया अध्यक्ष शोभ ओझा मीडिया समन्वयक नरेन्द्र सलुजा ने तैयारियों का जायजा लिया इस दौरान जिला कलेक्टर ने भरोसा दिलाया कि समय रहते तैयारियां भी कर ली जायेंगी शपथ ग्रहण छत्तीसगढ़ के नये मुख्यमंत्री के नाम का फैसला आज किया जायेगा इससे पहले कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने वरिष्ठ नेताओं के साथ गहन विचार विमर्श किया उन्होंने मुख्यमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार टीएस सिंहदेव ताम्रध्वज साह भूपेश बघेल और चरणदास महंत से नई दिल्ली में अपने निवास पर मुलाकात की कांग्रेस के केन्द्रीय पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ के प्रभारी पीएल पूनिया भी बैठक में मौजूद थे उधर राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह ने कांग्रेस नेता अशोक गहलोत को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री होंगे पार्टी के एक शिष्टमंडल ने शुक्रवार रात राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार गठन के बारे में चर्चा की थी शपथ ग्रहण समारोह कल होगा इस बीच मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट के अध्यक्ष जोरमथंगा ने शनिवार को मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाल लिया

शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री जोरामथंगा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनकी सरकार राज्य में विकास कार्यों को तेज करेगी साथ ही शराब और नशाखोरी से निपटना सरकार की प्राथमिकता होगी प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि एनडीए सरकार ने महंगाई के मुद्दे पर सफलतापूर्वक कार्रवाई की है भारतीय जनता पार्टी के मेरा बूथ सबसे मजबूत पहल के तहत तमिलनाडु में कन्याकुमारी नीलगिरि कोयम्बटूर नामक्कल और सेलम के बूथ स्तर के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत में कल उन्होंने यह बात कही श्री मोदी ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान महंगाई की दर लगातार ऊंची रहने से जनता बड़ी परेशान थी और एनडीए सरकार के कठोर उपायों से महंगाई को काबू में किया गया है श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार देश के किसानों के लिए सबसे अधिक मददगार साबित हुई है प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उत्पादन लागत का कम से कम डेढ़ गुना फायदा मिले विधायक इस्तीफा अलीराजपुर जिले के जोबट से कांग्रेस की विधायक चुनी गई कलावती भूरिया ने झाबुआ की जिला पंचायत अध्यक्ष एवं सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है सुश्री भूरिया ने इंदौर कमिश्नर को कल इस्तीफा सौंप दिया

वे अविभाजित झाबुआ जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही तथा लगातार चार बार वे जिला पंचायत के वार्ड एवं जिपं अध्यक्ष पद पर चुनी गई थी जोबट से विधायक बनते ही यह लगभग तय माना जा रहा था कि वे जिला पंचायत अध्यक्ष एवं सदस्य पद से इस्तीफा दे देंगी

इस लड़ाई में भारत की जीत और पाकिस्तान की करारी हार का परिणाम नये देश बंगलादेश के जन्म के रूप में सामने आया था फील्ड मार्शल मानेकशॉ के नेतृत्व में भारत के रणबांकुरों ने दुश्मन को कड़ी शिकस्त दी थी इस दौरान कई बहादुर वीर शहीद हुए

इस अवसर पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण आज तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ नई दिल्ली में इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति पर जाकर कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित करेंगी ग्वालियर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि विजय दिवस के मौके पर सीमा सुरक्षा बल की टेकनपुर अकादमी में खुलामंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया है इसमें युद्ध के दौरान शहीद हुए अमरवीरों को याद किया जायेगा प्रतिभा पर्व प्रदेश के शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में जारी प्रतिभा पर्व कल समापन हो गया इस दौरान विद्यालयों में विद्यार्थियों की दक्षता आंकलन के साथ ही सांस्कृतिक खेल कूद और अन्य गतिविधियों का आयोजन भी किया गया वार्षिक उत्सव के लिये शिक्षक और अभिभावकों के उपस्थिति में विशेष बालसभा आयोजित की गई इस तीन दिवसीय आयोजन के पहले दो दिनों में विद्यार्थियों का शैक्षिक मूल्यांकन किया गया कटनी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रतिभापर्व के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षणिक दक्षता का आंकलन किया गया पर्व के अंतिम दिन कल खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों उत्कृष्ट कार्य करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया वहीं डिंडोरी में भी प्रतिभापर्व के अंतिम दिन कल विशेष बालसभाओं का आयोजन किया गया दुर्घटना मौत मध्य प्रदेश के कटनी जिले में कल एक सड़क दुर्घटना में पांच व्यक्तियों की मृत्यु हो गई दुर्घटना में एक कार और लॉरी की आमने सामने की टक्कर में दो महिलाओं और एक बच्चे सहित पांच लोगों की मौके पर ही जान चली गई कटनी जबलपुर मार्ग पर हुई इस दुर्घटना में ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है वहीं अनूपपुर में बस और मोटर साइकिल की टक्कर में दो मोटर साइकिल सवारों की मौत हो गई हादसा अमरकंटक रोड़ पर राजेन्द्र ग्राम थाना क्षेत्र में हुआ बताया जा रहा है कि बस अमकंटक से शहडोल जा रही थी चोरी बरामद भोपाल के कमला नगर थाना क्षेत्र में एक सूने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी का सामान बरामद किया गया है

जिससे राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में दिन के तापमान में कमी आई है भोपाल में कल इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा

ठंड की वजह से नगर निगम ने जगह जगह अलाव जलाने की व्यवस्था की है

वहीं श्योपुर सिवनी और नरसिंहपुर में भी दिन सर्द रहा मौसम केन्द्र के मुताबिक पहाड़ो से आ रही ठंडी हवाओं से ग्वालियर चंबल संभाग में घना कोहरा छाने लगा है कोहरे की वजह से ट्रेन यातायात भी प्रभावित हो रहा है मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट आने की संभावना है झाबुआ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिला इन दिनों शीत लहर के चलते ठंड से कंपकंपा रहा है